केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेन्मेंट जोन से बाहर के इलाकों में और अधिक गतिविधियां शुरू करने के लिए नये दिशा निर्देश कल जारी किये हैं

अनलॉक का तीसरा चरण पहली अगस्त से शुरू होना है नये दिशा निर्देश राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अनुभव तथा संबंधित मंत्रालय और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श पर आधारित हैं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या दस लाख तक पहुंच गई है

कोरोना से मृत्यू दर घटकर दो दशमलव दो तीन प्रतिशत रह गई है केंद्र और राज्य सरकारों की टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट यानी परीक्षण निगरानी और उपचार रणनीति से मृत्यू दर को कम स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है

राज्य में कोरोना जांच के लिए आज से एक अगस्त तक तीन दिनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा इस अवधि में एक लाख कोरोना परीक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर दस हजार अठाईस हो गई है अभी तक दो लाख अठहतर हजार चार सौ इकहतर नमूनों की जांच की गई है राज्य में चार हजार इकसठ लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ हो गई है राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार नौ सौ ग्यारह रांची में और पूर्वी सिंहभूम जिले में एक हजार पांच सौ पंचानबे हो गई है राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि कल से अनलॉक ट् की अवधि खत्म हो रही है केंद्र सरकार के प्रावधानों को देखने के बाद राज्य सरकार अनलॉक के तीसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी और लॉकडाउन में छट देने पर विचार किया जाएगा केंद्र सरकार ने कल शाम अनलॉक तीन के लिए जारी किए गए नेए दिशा निर्देश में रात्रिकालीन कर्फ्यू को खत्म करने की इजाजत दे दी है इसके साथ ही इकतीस अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया है सिनेमा हॉल अभी नहीं खूलेंगे लेकिन जिम को पांच अगस्त से खोलने की इजाजत दी गई है कंटेनमेंट जोन के बाहर सामान्य इलाकों में छूट का दायरा बढ़ाया गया है हालांकि कंटेनमेंट जोन में इकतीस अगस्त तक सख्ती के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा अनलॉक तीन की प्रक्रिया एक अगस्त से जारी होगी

अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं ऐर्स में लोगों को सरकार द्वारा दिए गए निर्देशो का पालन करना चाहिए रामगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त संदीप सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने विभिन्न प्रखण्डों में अवस्थित सार्वजनिक इमारतों का निरीक्षण किया उपायुक्त ने बताया कि चिन्हित इमारतों को कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा पाकुड़ जिले के उपायुक्त कुल्दीप चौधरी ने बताया कि कल जिले में दो लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है इन्हें कोविड मैनेजमेंट हॉस्पिटल रिंची लिट्टीपाड़ा में भर्ती कराया गया है खूंटी जिले के मुरहू पंचायत के एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है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 डोरंडा सेंट्रल मोहर्रम कमिटी ने शहर के तमाम लोगों सें अपील की है कि बकरीद की नमाज मस्जिद और ईदगाह की बजाय घर में अदा करें नमाज के बाद चौक चौराहों पर भीड़ न लगायें और सफाई का ख्याल रखें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि तम्बाकू उत्पादों के इस्तेमाल से श्वसन संबंधी संक्रमण बढ़ सकता है ऐसे लोग कोरोना की चपेट में आने के लिहाज से अधिक संवेदनशील हैं

कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी एक दिवसीय दौरे पर रांची पहंचे च्के हैं उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा भी आए हैं कोयला मंत्री श्री जोशी कोल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं बैठक के बाद वे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी वार्ता करेंगे और राज्य के विकास पर चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है इसके अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया हैं इस नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं वर्ष दो हजार पैंतीस तक सकल नामांकन दर को पचास प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है स्कूली शिक्षा के प्रारूप में भी बदलाव किए गए हैं पांचवी कक्षा तक बच्चे मातुभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई कर सकेंगे छठी कक्षा से ही व्यवसायिक शिक्षा और इंटरशिप की व्यवस्था की जाएगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर जीडीपी का छह प्रतिशत किया जाएगा जनजातीय मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने नयी शिक्षा नीति में जनजातीय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि नयी नीति बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और उनकी देखभाल पर केंद्रित है इसमें भाषा से संबंधित विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है इससे जनजाति बहुल क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अच्छी शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी जनजातीय मामलों और आदिवासी बहल क्षेत्रों में आश्रमशालाओं में और चरणबद्ध तरीके से वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के सभी प्रारूपों में बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जम्म कश्मीर में स्थानीय उत्पाद को बढावा देने के लिए प्रधानमंत्री के अभियान वोकल फॉर लोकल को तेज करने के उद्देश्य से जम्मू के हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय ने कल जम्मू में हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई इसमें विभाग से पंजीकृत कारीगरों और सहकारी संस्थाओं ने भागीदारी की हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के निदेशक विकास गुप्ता ने बताया कि यह पहल सहकारी संस्थाओं कारीगरों और बुनकरों की आय बढाने के लिए की गई है जो कोरोना काल में संकट के दौर से गुजर रहे हैं श्री गुप्ता ने लोगों से हस्तनिर्मित उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि कारीगर और बनकर आत्मनिर्भर बन सकें प्रदर्शनी में शामिल कारीगरों और सहकारी संस्थाओं से कहा गया कि वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए विचारों को कार्यरुप दें

वित्त मंत्रालय द्वारा कल इस आशय की अधिसुचना जारी की गई अधिसुचना सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी

पाक्ड़ जिले में लॉक डाउन के दौरान पत्थरों और बालू का अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ बातचीत मे भविष्य की रूप रेखा पर विचार विमर्श किया विकास के लिए सहयोगी वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका पर बैठक में चर्चा की गई बैठक में कहा गया कि छोटे उद्यमियों स्वयं सहायता समुहों और किसानों को विकास और ऋण जरूरतें पूरा करने में संस्थागत ऋण का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए अपने ग्राहकों का विवरण डिजीटल माध्यम से सुरक्षित रखना चाहिए बातचीत के दौरान कहा गया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों के बीच रूपे और यूपीआई के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए प्रधानमंत्री गरीब रोजगार अभियान के तहत गोड्डा में प्रवासी श्रमिकों को खाद्य प्रसंस्करण के तरीके बताए जा रहे हैं ग्रामीण विकास ट्रस्ट के कृषि विकास केंद्र में प्रवासी श्रमिकों को अपने गांव में ही रोजगार दिलाने के लिए फूड प्रोसेसिंग की तरह तरह की विधियां बताई जा रही हैं साथ ही बैंक अधिकारी इन्हें वित्तीय समावेशन वित्तीय साक्षरता और वित्तीय जागरूकता के बारे में भी बता रहे हैं चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के करमा गांव में तेज बारिश के साथ हुए बजपात की घटना में एक किसान की मौत हो गई किसान मुरारी ठाकर उस वक्त खेत मे काम कर रहा था बारिश से बचने के लिए वह महुआ पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ और वजपात की चपेट में आ गया